बिहार विधान मंडल का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से होगा प्रारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अपेक्षा की बजाय स्वीकार करने और खारिज करने की बजाय चर्चा करने से संवाद अधिक प्रभावी हो सकता है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वे विभिन्न कार्यक्रमों या सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ लगातार बातचीत का प्रयास करते रहे हैं प्रधानमंत्री ने रेडियो को संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम बताते हुए कहा कि पहुंच और व्यापकता के लिहाज से कोई भी माध्यम रेडियो की बराबरी नहीं कर सकता

कम्यूनिकेशन की रीच और उसकी गहराई शायद रेडियो की बरावरी कोई नहीं कर सकता और जब मैंने मई दो हजार चौदह में एक प्रधान सेवक के रूप में कार्यमार संमाला तो मेरे मे इच्छा थी कि देश की एकता हमारे भव्य इतिहास उसका शौर्य भारत की यह कहानी जन जन तक पहुंचनी चाहिए और बस उसी में से ये मन की बात की यात्रा प्रारंभ हो गई श्री मोदी ने कहा कि आकाशवाणी के एक सर्वेक्षण के अनूसार मन की बात कार्यक्रम से समाज में सकारात्मकता को प्रोत्साहन मिला है उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से समाज में जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है श्री मोदी ने कहा कि मन की बात में स्वच्छता सड़क सुरक्षा और मादक पदार्थ मुक्त भारत जैसे विषयों को मीडिया ने नये तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात के माध्यम से रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है

हैशटेग इंडिया पोजिटिव को लेकर व्यापक चर्चा भी हुई है ये हमारे देशवासियों के मन में बसी पॉजिटिविटी की भावना की झलक है मुझे यह देखकर स्वुशी हुई कि मन की बात के कारण रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है मैं मन की बात परिवार के आप सभी सदस्यों को इस पर विश्वास जताने और इसका हिस्सा बनने के लिए अन्तरूकरणपुर्वक धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री ने कहा कि कल संविधान दिवस है और यह उन महान विभूतियों को स्मरण करने का एक अवसर है जिन्होंने हमें व्यापक और विस्तृत संविधान दिया है प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे संविधान में निहित मूल्यों को आगे बढ़ायें और देश में शांति प्रगति तथा खुशहाली के प्रयास करें

उनमें से हर कोई अपने देश को एक ऐसा संविधान देने के लिए प्रतिबद्ध था जिससे भारत के लोग सशक्त हों गरीब से गरीब व्यक्ति भी समर्थ बने हमारे संकियान में खास बात यही है कि राइटस एंड डयूटीस इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है नागरिक के जीवन में इन्हीं दोनों का तालमेल देश को आगे ले जाएगा आइए हम सभी अपने संविधान के मूल्यों को आगे बढ़ाएं और अपने देश में पीस प्रोग्रेस और प्रोसपेरिटी को सुनिश्चित करें प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष ग्रु नानक देव जी का पांच सौ पचासवां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए सोचा और देश उनके प्रकाश पर्व को भव्य रूप से मनाएगा

इसका रंग देश ही नहीं दुनिया भर में विखरेगा इसके साथ ही गुरू नानक जी से जुडे पवित्र स्थलों के मार्ग पर एक ट्रेन भी चलाई जाएगी भारत सरकार ने एक बडा महत्वपुर्ण निर्णय किया है करतारपुर कोरिडोर बनाने का ताकि हमारे देश के यात्री आसानी से पाकिस्तान में करतारपुर में गुरू नानक देव जी के उस पवित्र स्थल पर दर्शन कर सके बिहार विधान मंडल का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है सत्र के दौरान दो विधेयक और द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा सत्ताईस नवंबर को जीएसटी से संबंधित विधेयक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पेश करेंगे वहीं उनतीस नवंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस बार का सत्र हंगामेदार हो सकता है विपक्षी दलों ने प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की योजना बनाई है इस बीच विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के सभापति हारूण रशीद ने सदन के संचालन में सदस्यों से सहयोग करने की अपील की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर में स्थित घोड़ा कटोरा झील में देश की दूसरी सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया नौ करोड़ की लागत से बनी इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग सत्तर फीट है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा ध्यानचक्र मुद्रा में बनाई गयी है जो विश्व शांति का संदेश देती है उन्होंने कहा कि घोड़ा कटोरा को ईको ट्ररिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम नालंदा जिले में आयोजित तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव का शुभारंभ किया सत्ताईस नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नालंदा के पौराणिक गौरव को वापस लाने के लिए तत्परता से काम कर रही है इस अवसर पर स्थानीय सांसद कौशलेन्द्र कुमार और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे पटना के दनियावां को डिजिटल गांव घोषित किया गया है केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस अवसर पर आयोजित समारोह में कहा कि बिहार समेत देश भर में कॉमन सर्विस सेन्टर खोले गये हैं इसे काफी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं श्री प्रसाद ने कहा कि डिजिटल लेन देन से भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि बक्सर स्थित चौसा में पावर प्लांट की स्थापना से इस इलाके के विकास में काफी मदद मिलेगी श्री चौबे आज बक्सर जिले के ड्रमराव स्थित ठठेरी बाजार में कंबल वितरण के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन समाज के सभी लोगों को विकास से जोड़ने के लिए काम कर रहा है बेगूसराय के दिनकर भवन में आज जदयू के महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन ने कहा कि राज्य सरकार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के साथ अन्य सामाजिक ब्राईयों को समाप्त करने के लिए जो मुहिम शुरू की है उसका असर समाज पर दिखाई पड़ने लगा है वहीं शेखपुरा में जदयू महिला मोचे के जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पार्टी ने स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है मध्य प्रदेश के जबलप्र स्थित सेन्ट्र्ल आर्डिनेन्स डिपो से अवैध तौर से ऐके फोरटी सेवेन की तस्करी के आरोप में मुंगेर पुलिस ने खगड़िया जिले के मदारपुर गांव से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है इस मामले में मुंगेर पुलिस पहले ही खगड़िया और मुंगेर जिले से तीन लोगों को गिरफतार कर जेल भेज चूकी है जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है की जमुई जिले के बहप्रतीक्षित कृण्डघाट जलाशय योजना को मार्च दो हजार उन्नीस तक प्ररा कर लिया जाएगा श्री सिंह ने आज जमुई में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इससे हजारो किसानों को सिचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी प्रदेश में आज गोपालगंज सीवान जमुई और अररिया जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर लगभग तीन हजार बोतल विदेशी शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है प्रदेश में आज अलग अलग स्थानों पर हुई सडक दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई वहीं एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये

बिहार विधान मंडल का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से होगा प्रारंभ